केन्द्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो से देश की ताकत को कमजोर करने वाले और गंभीर मुददों से जुडे फोटो और वीडियो पर रोक लगाने की अपील की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में आवास निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में हनुमानगढ जिला प्रदेश में अव्वल आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची ही नहीं होगी मतदान का आधार दिखाना होगा अधिकृत पहचान पत्र

वाय सेना ने कहा है कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अपने विंग कमाण्डर अभिनन्दन की पाकिस्तान की हिरासत से सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है कल शाम नई दिल्ली में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एयर वाइस मार्शल आर जी के कपूर ने कहा कि भारतीय पायलट को लोटाने की पाकिस्तान ने जो घोषणा की है वह जिनेवा संधि के अनुरूप है

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर बम गिराये मगर इनसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ

थलसेना के मेजर जनरल एस एस महल ने कहा की मशीनीकृत दुकडियों को तैयार हालत में रखा गया है और सैनिक किसी भी सुरक्षा चनौती से निपटने के लिए कमर कसे हए हैं उन्होंने राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि सेना पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान की ओर से उकसावे की किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है

सुरक्षा बलों को कृपवाड़ा के बाबागुंड इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेरा बंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी इस बीच आतंकवादियों के गोली चलाने पर सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल रात मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी देने के दौरान संवाददाता सम्मेलन में यह अपील करते हुये कहा कि भारतीय पायलट के साथ पाकिस्तान में किये गये अमानवीय व्यवहार के वीडियो का प्रसार रोकने के लिए यू ट्यूब से कहा गया था

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मो से इस तरह की स्थिति में गंभीर मुद्दो से जुड़े फोटो या वीडियो का प्रसार नहीं होनी चाहिए सरकार सोशल मीडिया को नियंत्रित नहीं करना चाहती वह सोशल मीडिया की आजादी का सम्मान करती है लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म देश के अंदर की ताकत को कमजोर करने में इस्तेमाल न हो

मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड यानि मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र भी दिखाना होगा

केवल मतदाता पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा गौरतलब है कि हाल ही सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में वोटर स्लिप को पहचान का आधार मानकर मतदान कराया गया था लेकिन इनके द्रूपर्योग होने की आशंका को देखते हुए आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं

इसके लिये निर्वाचन विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है

आगजनी में लाखों रूपये का कपड़ा और गददे जलकर राख हो गये सूचना पाकर मौके पर पहुंची दस दमकलों ने करीब पांच घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कल इंदिरा नहर क्षेत्र के सभी जिलों के जिला कलक्टर और अन्य अधिकारियों से कहा कि नहरबंदी के दौरान पेयजल की समस्या नहीं रहे इसके लिये समय रहते पर्याप्त मात्रा में पेयजल का भंडारण कर लिया जाये